चण्डीगढ प्रशासन ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों छात्रों पर्यटकों और अन्य लोगों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल तैयार किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है आज नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र से संबंधित मुददों और आवश्यक सुधारों के लिए बुलाई गई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कृषि उत्पादों के मण्डीकरण में सुधार प्रबंधन बिकी योग्य अतिरिक्त उत्पादन किसानों की संस्थागत ऋण तक पहंच और कृषि क्षेत्र को बहत सारी बंदिशों से मुक्त करने की जरूरत पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों पर आधारित ब्रैंड इंडिया को उत्साहित करने के लिए देश से कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए विशेष बोर्ड और परिषदें स्थापित करने की जरूरत है बैठक में रियायती दरों पर ऋण और किसान कोडिट कार्ड जारी करने के लिए विशेष मुहिम चलाने के लिए जोर दिया गया इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं संबंधी कानून को किसान पक्षीय बनाने के लिए कृषि की मूलभूत संरचना में निजी निवेश को इससे जोड़ने पर जोर दिया गया

सरकार ने कहा है कि जिन लाभार्थियों के जन धन खाता नंबर शून्य और एक के साथ समाप्त होते हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वे सोमवार को अपनी बैंक शाखा से यह राशि प्राप्त करें

केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने लेखक रसकिन बॉड की कुछ चर्चित कहानियां प्रसारित करने की आकाशवाणी रेडियो द्वारा की गई पहल की सराहना की है

एक ट्वीटमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा की कथा देखने को कहा है

ऐसी सभी रेलगाड़ियों की टिकटों के सारे पैसे वापिस किए जायेंगे रेलवे ने केन्द्र सरकार द्वारा धोषित नई छटों के अनुसार फंसे हए प्रवासी श्रमिकों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य लोगों को उनके घरों तक पहचाने के लिए विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां शुरू की हैं

जबकि यमुनानगर में एक कोरोना मरीज को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई

सभी संक्रमित मरीजों के परिजनों को भी एकांतवास में रखा जा रहा है

इसलिए उन्हें नागरिक अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है

वह कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजीटिव पाई गई थी और गुर्दे के रोग से पीड़ित थी

पाजीटिव आया व्यक्ति इन्हीं में से एक है

चण्डीगढ प्रशासन ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों छात्रों पर्यटकों और अन्य लोगों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल तैयार किया है

उन्होंने बताया कि चण्डीगढ में फंसे अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में फंसे चण्डीगढ के निवासियों के लिए राजीव तिवाड़ी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है राज्यों में फंसे हए लोगों को अपने मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होने के बाद अपना मूल विवरण भर कर जमा करना होगा

पंचकूला जिले के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए साकेत अस्पताल परिसर में परसों सोमवार से ओपीडी सेवाएं शुरू की जायेंगी

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी होने के नाते भारत और थाईलैंड के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं इसलिए दोनो देश मौजूदा संकट के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे